क्शल हरियाणा सशक्त हरियाणा को बढ़ावा देने के लिए आज पंचकुला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाई गई

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चार दोषियों के खिलाफ नये सिरे से डेथ वारंट जारी कर दिये है न्यायालय ने उन्हें फांसी देने के लिए पहली फरवरी को सुबह छ बजे का समय तय किया है इससे पहले आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इस मामले के चार दोषियों में से एक म्केश की दया याचिका खारिज दिया इससे पहले गृहमंत्रालय ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी मालूम हो मुकेश ने कुछ ही पहले दया याचिका दायर की थी गृहमंत्रालय ने अपनी सिफारिश में दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल की उस सिफारिश को दोहराया था कि इसे खारिज किया जाये

देशभर के छात्र शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की उत्स्कता से प्रतीक्षा कर रहे है

पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे श्री मोदी च्निंदा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देंगे और उनसे परीक्षा तनाव से म्क्ति के उपायो बारे बातचीत करेंगे

तेंद्लकर ने कहा था कि वह खेलते समय केवल गेंदपर ध्यान केन्द्रित करते है और अपने अतीत भविष्य बारे चिंता नहीं करते

इन विद्यार्थियों का पूरे हरियाणा से चयन किया गया है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि इन विद्यार्थियों में फरीदाबाद का द्वष्यंत सिंह ग्रूग्राम का दीपक अहील व अंकृश कृमार हिसार का गौतम व प्रियंका झज्जर का लक्ष्यदीप कादयान कैथ की नीतू पूनिया व अंजली और करनाल का परीक्षित व खुशबू शामिल है इसके अलावा नूंह का व्योमेश व मंजुमन पलवल की पूजा सोनिया व प्राची मक्कड़ पंचकूला का अक्षित और रेवाड़ी की स्वाती प्रिया व जतिन यादव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे

इसी सायं राजभवन चंडीगढ़ में एट होम भी होगा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जींद में राष्ट्रीय घ्वज फहारयेंगे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद ग्प्ता गणतंत्र दिवस पर क्रूक्षेत्र में तथा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा रोहतक में राष्ट्रीय घ्वज फहरायेंगे

क्शल हरियाणा सशक्त हरियाणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा में पहली बार कौशल विषयों पर राज्यस्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन पंचक्ला में किया गया

जो आज एक विराट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है उन्होंने कहा कि इन कौशलों को प्राप्त करके विदयार्थी न केवल शिक्षा में आगे बढ़ पाएंगे बल्कि रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पलवल में नवजात शिश् से लकर पांच साल तक के बच्चों को पोलियो की ख्राक पिलाई जायेगी

उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों से कहा कि वे जिम्मेदारी व मेहनत के साथ पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान में कार्य करके अभियान को सफल बनाये और प्रयास करें कि विभाग दवारा निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो

बैठक में सभी जिलाध्यक्ष संगठनात्मक च्नाव प्रणाली और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत मे श्रीबराला ने कहा कि इन दिनों संगठनात्मक च्नाव की प्रक्रिया चल रही है मंडल च्नाव के बाद जिलाध्यक्ष के च्नाव करायेंगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षव राज्य सभा संसद कुमारी शैलजा ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा च्की है हिमसार में पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि मंहगाई पिछले छ वर्षो में सबसे ज्यादा है और सकल घरेलू उत्पाद पिछले छ वर्षो में सबसे कम है यह तथ्य सबके सामने है इनमें हर वर्ग प्रभावित है इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के पास विकास का कोई खाका नहीं है